यहां चंबल के साथ साथ सिंध नदी भी उफान पर है हालांकि चंबल का जलस्तर आज कुछ कम होना शुरू हुआ है जिले में सौ से अधिक स्थानों पर रेस्क्यू जारी है यहां राष्ट्रीय आपदा मोचक बल एनडीआरएफ के अतिरिक्त दल की मांग की गई है

भोपाल जबलपुर और नरसिंहपुर जिले में भी रुक रुककर बारिश का दौर जारी है

इंदिरा गुहज्योति प्रदेश की तीनों विद्युत कंपनियों ने इंदिरा गृह ज्योति योजना को नए स्वरूप में एक सितम्बर से लागू कर दिया है इसमें सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि तीनों वितरण कंपनियों द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना के लिए साफ्टवेयर अपडेट कर लिया गया है और परीक्षण किया जा रहा है उपमोक्ताओं को जल्द ही इंदिरा गृह ज्योति योजना में नए बिल वितरित किए जाएंगे विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा युद्ध स्तर पर इंदिरा गृह ज्योति योजना को लागू करने के कार्य किए जा रहे हैं

श्री पटवारी ने कल लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की सीईओ फ्रांसिसका वृडवर्ड से मुलाकात के दौरान यह बात कही इस दौरान श्री पटवारी ने प्रदेश में उच्च शिक्षा में तकनीक से शिक्षण पद्धति को बेहतर बनाने पर चर्चा की

यह एक ऐतिहासिक नाटक है जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करने वाले देशभक्त शहीदों की गाथा को प्रस्तुत करता है राजा शंकरशाह गढ़ामंडला के राजा और रघुनाथ शाह उनके पुत्र थे

जबलपुर में भी आज बलिदान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है किकेट भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टवेंटी ट्वेंटी क्रिकेट श्रंखला का दूसरा मैच आज मोहाली में खेला जायेगा यह मैच शाम सात बजे से शुरू होगा इसका आंखों देखा हाल आकाशवाणी से शाम साढ़े छह बजे से हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच रविवार को बैंगलुरू में खेला जायेगा इसके बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टैस्ट मैचों की श्रृंखला होगी पहला टैस्ट मैच दो अक्तूबर को विशाखापत्तनम में शुरु होगा

इस मौके पर कल शासकीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

पांचों के शव कल निर्माणाधीन मकान से मिले